आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियाँ वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएँ शेयर करें

वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्वाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है तो दूसरी ओर कडी मेहनत से व्यवसाय नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की प्रधामनंत्रो ने देशवासियों ने अनुरोध किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इस महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें उन्होंने कहा कि हमारा देश महान विभूतियों की तपस्या की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचा है उन्हीं में से एक हैं लोकमान्य तिलक है एक अगस्त को लोकमान्य तिलक की सौवीं पुण्यतिथि है लोकमान्य तिलक का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है करगिल विजय दिवस राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस के मौके पर युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है यह दिवस वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था करगिल युद्ध साठ दिन से भी अधिक समय तक चला इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारतीय सैनिकों ने लगभग अट्ठारह हजार फुट की उंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य साहस और बलिदान की गाथा है छब्बीस जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है प्रवेश परीक्षा स्थगित राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ली जाने वाली पीईटी पीपीएचटी पीपीटी और पीएमसीए की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए तकनीकी पाठयक्रमों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ फॉर्मेसी डिप्लोमा इन फॉर्मेसी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में अब प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित शैक्षणिक अर्हता बारहवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी वहीं मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए जरूरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा

वहीं शिक्षा सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए डीएड बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी इन पाठ्यक्रमों के प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश ऑनलाईन काउंसिलिंग के जरिये दिया जाएगा इस संबंध में तकनीकी शिक्षा संचालनालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं दुर्ग जिले में आज बीएसएफ के पद्रंह जवान सहित सड़सठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें जिला पंचायत के बारह कर्मचारी और छह स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं वहीं बलौदाबाजार जिले में भी आज ग्यारह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इधर कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी कर रहे पांच कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इनमें चार स्टाफ नर्स और एक काउंसलर शामिल हैं इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है वहीं कोरिया जिले में आज तीन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसी तरह कबीरधाम जिले के आदर्श नगर और राजमहल चौक से दो नये कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए हैं उधर बस्तर जिले में कल देर रात तक ग्यारह कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी वहीं राजनांदगांव जिले में अट्ठारह कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे इनमें आईटीबीपी के सत्रह जवान शामिल हैं कोंडागांव जिले में भी बीती रात सीआरपीएफ के दो जवान कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे इस बीच प्रदेश में कल देर रात तीन सौ तिरसठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी रायपुर जिले से एक सौ चौंतीस मरीज मिले थे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जाएगा यदि किसी लैब में इस तरह की शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में सभी जिलों के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्विलांस के उद्देश्य से की गई है

इससे उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा सकेगी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन पर निगरानी रखी जा सकेगी विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है इस पर नियंत्रण के लिए शासन के सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे सामुदायिक सहभागिता निभाते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें लॉकडाउन निर्देश कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कल पच्चीस जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने अधिकारियों की बैठक ली और लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि दुकानदारों को नो मास्क नो गुड की नीति का पालन करने के लिए कहा जाए

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना को आगामी एक सप्ताह के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं डॉक्टर टेकाम ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में लाउडस्पीकर से छप्पन पंचायतों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह मॉडल बनेगा यह ऑनलाईन पढाई की वैकल्पिक व्यवस्था है बस्तर जिले के अधिकारियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर टेकाम ने इस मॉडल को बच्चों के लिए काफी उपयोगी बताया गौरतलब है कि इस मॉडल में पंचायत द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए लाउडस्पीकर उपलब्ध कराया जाता है इस माध्यम से शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर ध्यान से पाठों को सुनते हैं ये कक्षाएं प्रतिदिन राज्यगीत के साथ शुरू होती है

माओवादी आईईडी बरामद बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए चालीस किलो वजनी आईईडी बम बरामद किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है इस कार्य में जिला पुलिस बल सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों को तैनात किया गया था आज सुबह जब सुरक्षा बलों के जवान सर्चिंग पर निकले थे तब उनकी नजर बासागुड़ा और तर्रेम के बीच प्लास्टिक डिब्बे में रखे चालीस किलो के आईईडी बम पर पड़ा जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया माओवादियों ने यह बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था इसी जिले के बासागुड़ा और भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नारायणपुर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने आज तीन तीन किलो के दो आईईडी बम बरामद किया बाद में बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गौरतलब है कि माओवादियों ने आगामी अट्ठाईस जुलाई से शहीदी सप्ताह मनाने का आव्हान किया है

मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व उत्तरप्रदेश के ऊपर स्थित है इसके असर से प्रदेश के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है

इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच राज्य स्तरीय समिति कर रही है राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने याल्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फॉमिंग लिमिटेड की कुर्क संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाए जाने के लिए सभी तहसीलदारों को उनके क्षेत्र की सूची उपलब्ध करा दी है आवेदक कल सत्ताईस जुलाई से सात अगस्त तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते केह बलरामपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई जबकि नौ अन्य लोग झुलस गए महासमुंद जिले के ग्राम टेमरी के फॉरेस्ट नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप वाहन से एक क्विंटल गांजा जब्त किया है इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है राजनांदगांव जिले में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से ठगी करने वाले अंतर्राज्जीय चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से पुलिस ने अट्ठारह लाख रूपये का सामान जब्त किया है